मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने धर्मशाला में चल रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी देते हुए कहा कि लोकनिर्माण विभाग में बेलदारों के वेतन का हिस्सा बहुत अधिक होने के कारण सरकार ने ये निर्णय लिया है

उन्होंने कहा कि बेलदारों के खाली पदों को केंद्र सरकार द्वारा तय मानकों के अनुसार भरना आवश्यक नहीं हैं क्योंकि वर्तमान में सड़कों का निर्माण व रखरखाव नए मानकों व अनुबंध प्रणाली के आधार पर किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने एक प्रतिप्रक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हिमाचल में बेलदारों की संख्या देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है

विधायक नरेंद्र बरागटा द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब में उन्होंने कहा कि केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय ने यह प्रावधान किया है

विधानसभा में विधायक विक्रमादित्य सिंह द्वारा बढ़ते प्रदूषण पर लाए गए ध्यानाकषर्ण प्रस्ताव के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रद्षण को कम करने के लिए न सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन चलाए जा रहे हैं बल्कि रोप वे एस्केलटर स्थापित करने की भी सरकार की योजना है

यह विधेयक उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाक्र ने सदन में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया विपक्ष के वाकआउट के बाद सदन ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया

लाहौल स्पीति किन्नौर चम्बा और शिमला जिले के डोडरा क्वार में भारी हिमपात से जनजीवन अस्त व्यस्त है भारी बर्फबारी से लाहौल घाटी की सभी अंदरूनी सड़कें बाधित हैं और अधिकतर भागों में संचार व्यवस्था भी ठप्प है जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है ऐसे में स्थानीय लोगों ने सरकार से घाटी के लिए जल्द हेलिकॉप्टर सेवा शुरू करने की मांग की है उधर चम्बा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी के अधिकतर गांवों में हिमपात से लोगों को आवाजाही में दिक्कत आ रही है किन्नौर जिले में भी बर्फबारी व वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है हालांकि उपायुक्त गोपाल चंद ने बताया है कि बर्फबारी से पूर्वनी के पास अवरूद्ध राष्ट्रीय उच्च मार्ग पांच यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है इधर शिमला जिले के नारकंडा कुफरी और चांशल घाटी में भी बर्फबारी हुई है जिले के दूरदराज क्षेत्र डोडरा क्वार में बर्फबारी से सभी सम्पर्क मार्ग अवरूद्व हो गए हैं कांग्रेस कमेटी डोडरा क्वार उपमंडल के अध्यक्ष गुड्डू चौहान ने कहा है कि बर्फबारी की वजह से लोगों को आवाजाही में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है

इस दौरान लोगों की डाक सम्बन्धी शिकायतें सुनी जाएंगी